भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेस में आज बताया कि विभिन्न राज्यों में इन सात चरणों में होने वाले च्नाव के लिये लगातार दो महीनों से राजनीतिक पार्टियों राज्य के मुख्य च्नाव आय्क्त म्ख्य सचिव प्लिस के डायरेक्टर जनरल तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद च्नाव की तारीखों का फैसला लिया गया है

मुख्य चूनाव आयुक्त ने बताया कि आज शाम से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

इसकी जानकारी न होने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो सकता है च्नाव प्रचार के दौरान तेज़ आवाज़ में स्पीकर बजाने के लिये रात दस बजे से छ बजे तक मनाही होगी

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय औद्योगिक स्रक्षा बल सीआईएसएफ कर्मियों के कार्यो की प्रंशसा की है जो लोगों की सुरक्षा में लगे है तथा प्रे देश में फैसले महत्वपूर्ण संसथानों की निगरानी में लगे हये है

उन्होंने उन अभिभावकों को बधाई दी जिनकी बेटिया सीआईएसएफ में शामिल है

उन्होंने कहा कि यदि उसी वक्त भारत ने हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो पूरा विश्व उसका समर्थन करता कल उतरप्रदेश में श्री मोदी ने कहा कि अब देश आतंकवाद से निपटने के लिये नये तरीके और योजनायें अपनाता है

प्रधानमंत्री ने विपक्ष का इस बार पर प्रहार करते हये कहा कि वो भारतीय वाय्सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैशे ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर किये गये हवाई हमले का सबूत मांग रहा है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखा तो उसे महंगी कीमत च्कानी पड़ेगी कर्नाटक् में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केन्द्र सम्मलेन में श्री सिंह ने कहा कि भारत किसी देश को भ्ड़कानें का काम नहीं करेगा लेकिन यदि उसे किसी को भी नहीं बख्शेगा गृहमंत्री ने कहा कि देश में कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को आतंकबाद के खिलाफ लड़ने से रोक नहीं सकती हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार की नीतियों उपलब्धियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहंचाया जायेगा रोहतक में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लोकसभा च्नाव की प्रदेश की सभी दस सीटों पर जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डा अनिल जैन ने कहा िक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किसी का भी कोई मुकाबला नहीं है और वे लोकप्रियनेता है जिन्होंने देश के सवा करोड़ लोगों की भलाई के लिये दिन रात कार्य किया है गोहाना में आज आयोजित शहीद सम्मान समारोह मे विशेष रूप् से प्लवामा में शहीद हये हरियाणा के वीर जवान शहीद हरि सिंह को स्मरण करते हये श्रद्वाजंलि दी गई सांसद कलराज मिश्र तथा उत्तराखंड के पूर्व म्ख्यमंत्री विजय बहुग्णा जोशी ने कहा कि पुलवामा में पाकिसान ने कायराना हमला किया जिसका भारत ने मूंहतोड़ जवाब दिया है उन्होंने कहा कि आतंक व आतंकवादियों को खत्म करने के लिये हर संभव कदम उठाया जायेगा और सेना को इसके लिये निर्णय का अधिकार है उत्रप्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीटा बहग्णा जोशी ने शहीदों को नमन करते हये उनके परिवारजनों को सांत्वना दी हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक में कहा है कि कांग्रेस सासंद दीपेन्द्र हडडा इस बार बड़ी म्श्किल में है यहा आज सहकारिता से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री ग्रोवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी च्नाव के लिये पूरी तरह तैयार है द्सरी ओर कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडा ने कहा है कि निष्पक्ष च्नाव करना च्नाव आयोग की जिम्मेदारी है रोहतक में एक समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हये श्री हडा ने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का च्नाव इस बार काफी महत्वपूर्ण रहेगा